जिसमें शहीदों के बच्चों को नेशनल डिफेंस फंड के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि में बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है

जबकि लड़कों के लिए छात्रवृत्ति दो हजार से बढ़ाकर ढाई हजार किया गया है इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने आज अपने अपने मंत्रालयों में जाकर कामकाज संभाल लिया मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्रियों के विभागों की आज घोषणा कर दी गई है राजनाथ सिंह रक्षामंत्री और अमित शाह गृहमंत्री बने निर्मला सीतारामन को वित्त मंत्री और एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है प्रकाश जावड़ेकर ने नये सूचना और प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है उनको वन और पर्यावरण मंत्रालय भी सौंपा गया है वहीं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है डॉ निशंक ने कहा कि वो दिये गए दायित्व को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे

उन्होंने हरिद्वार सांसद डॉ रमेश पोखरियाल निशंक को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर खुशी जताई मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व देने पर आभार जताया है प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री रावत भी दिल्ली पहुंचे थे उन्होंने उम्मीद जताई कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार बनी सरकार नए भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करेगी

उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली योजनाएं बनाने पर जोर दिया देहराद्न में शहरी विकास विभाग एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ऋषिकेश एक आदर्श शहर है ऋषिकेश सहित राज्य के अन्य पर्वतीय शहरों के लिए एक पर्यटन केंद्रित विकास का रोडमैप तैयार किया जाए उन्होंने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साफ सुथरे माहौल के साथ ही हरियाली उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं स्मार्ट पार्किंग और सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है उन्होंने अधिकारियों को राज्य में पर्यटन की दृष्टि से शहरों के विकास के लिए टूरिज्म फ्रेंडली योजनाएं बनाने के निर्देश दिये

इस मौके पर पूरे प्रदेश में जगह जगह तंबाक से होने वाले कैंसर को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं राज्य विधानसभा भवन में भी इस मौके पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हर चार सेकेंड में एक व्यक्ति की मौत केवल इस वजह से हो रही है कि वह धूम्रपान करता है या तंबाकू खाता है विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सिगरेट या बीड़ी का धुआं किसी मजहब और प्रांत को नहीं पहचानता किसी रिजर्वेशन या राजनीतिक झुकावों को नहीं जानता उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश इस गलत आदत को स्टेटस सिंबल मानकर अक्सर नवयुवक अपना लेते हैं श्री अग्रवाल सभी से तंबाकू का सेवन न करने की अपील की क्योंकि तंबाकू एक धीमा जहर है जो कैंसर जैसे घातक रोग का प्रमुख कारण है कार्यक्रम में डॉक्टरों की टीम द्वारा डॉक्यूमेंट्री और प्रेजेंटेशन दिखाकर कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं और युवाओं को तंबाकू से होने वाले द्वष्परिणाम से अवगत कराया गया

देहरादून में आयोजित विधानसभा में राजस्व संहिता बनाये जाने विषय पर बैठक में राजस्व परिषद् द्वारा तैयार ड्राफ्ट पर विचार विमर्श किया गया ड्राफ्ट में राजस्व से सम्बन्धित किस किस अधिनियमों को सम्मिलित किया गया है इस पर भी चर्चा की गई बैठक का उद्देश्य राजस्व सम्बन्धित अधिनियमों का संग्रह कर राजस्व संहिता बनाना था स्लग कृषि मंत्री बैठक प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने टिहरी जिले में एग्रो क्लस्टर स्थापित करने के लिए एक सप्ताह के भीतर मण्डी परिषद को धन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं देहरादून में कृषि मंत्री ने टिहरी जनपद के नौथा में एग्रो क्लस्टर स्थापित किये जाने विषय पर समीक्षा बैठक की

कपाट खुलने से पहले आज गोविन्द घाट गुरूद्वारा में अखण्ड साहिब के पाठ भजन और कीर्तन कर पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकृण्ड साहिब की यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हआ गोविन्द घाट में गढ़वाल मण्डल आयुक्त डॉ बीवीआरसी पुरूषोत्तम ने हेमकृण्ड साहिब यात्रा का शुभारंभ किया

गढ़वाल मण्डल आयुक्त मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी भी पहले जत्थे के साथ हेमकुण्ड के लिए रवाना हुए कल एक जून को हेमकुण्ड साहिब के कपाट खुलने के अवसर पर गुरूग्रन्थ साहिब को पंच प्यारों की अगुवाई में सच्च खण्ड से दरबार हॉल में लाया जायेगा जहां पहली अरदास के साथ सुखमनी साहिब के पाठ और शब्द कीर्तन किया जायेगा उसके बाद दोपहर में दूसरी अरदास के साथ हुकम नामा लिया जायेगा और श्री श्री हेमकुण्ड साहिब का इतिहास भक्तों को बताया जायेगा

इसके बाद यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत और जिलाधिकारी आशीष चौहान ने यमुनोत्री धाम के यात्रा को सफल और व्यवस्थित ढंग से संचालन को लेकर जिला पंचायत के साथ जानकीचट्टी में बैठक की जिलाधिकारी ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को तीन दिन में घोड़ा खच्चर पार्किंग के लिए जानकीचट्टी में लीज पर भूमि का चयन करने के निर्देश को दिए स्लग पलायन पर पहल टिहरी जिले के घनसाली तहसील क्षेत्र के दोणी ग्यारहगांव के ग्रामीणों ने पलायन कर चुके लोगों को अपनी माटी से जोड़ने के लिए एक नई पहल की है ग्रामीणों ने गांव की एक नई सोच समिति का गठन जय मां कालिंका मिलन कौथिग समारोह का आयोजन किया है तीन दिवसीय चलने वाले इस कार्यक्रम में गांव के ध्याणों को बुलाया गया है कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण ने बताया कि ग्रामीणों की इस पहल से पलायन कर चुके लोगों को दोबारा इकट्ठा होने का मौका दिया है स्लग वीवीआईपी केदारनाथ केदारनाथ धाम में वीआईपी वीवीआईपी के कारण दर्शन में अधिकर समय लगने की समस्या को देखते हए जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने नई व्यवस्था की है

जिलाधिकारी ने केदारनाथ धाम में पण्डा समाज और व्यापारियों के साथ बैठक की

बाकी मकानों का काम भूमि चिन्हिकरण के बाद शुरू किया जाएगा

जिसमें श्रमिकों और कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया कार्यक्रम में पर्यावरण और स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए सेफ्टी एट कंस्ट्रक्शन साइट विषय पर आधारित एक फिल्म का प्रसारण भी किया गया